इस विधेयक में कई तकनीकी और फाइलिंग से ज्ड़े अपराधों को आर्थिक अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है यह विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है और कंपनी कानून से जुड़े कार्पोरिट सामाजिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करता है लोकसभा ने कल देर रात इस विधेयक को पारित किया इस विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कंपनी कानुन के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को समाप्त करने से छोटी कंपनियों पर पड़ने वाले कानूनी भार में कमी आएगी

वित्तमंत्री ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी बेईमानी और जनता के हित को न्कसान पहंचाने जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में कोई छूट नहीं मिलेगी

भारतीय आयुर्विज्ञान अन्संधान परिषद के दिशा निर्देशों के अन्सार इस जांच से कोरोना वायरस का अधिकतम सटीकता से पता चलता है इस जांच के लिए स्वदेश में विकसित तकनीक का इस्तेमाल होता है

इससे एकदम सटीक जांच हो सकने का मार्ग प्रशस्त हआ है जिसमें आरटी पीसीआर जांच से भी कम समय लगेगा और जिसके उपकरण भी सस्ते होंगे सीआरआईएसपीआर तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में अन्य रोगों की जांच के लिए भी किया जा सकेगा

दो सौ ग्यारह नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से लगातार सबसे अधिक एक सौ एक ममला सामने आया है जबकि चांगलांग से उन्नीस पाप्मपारे से अट्ठारह वेस्ट सियांग से पंद्रह लोंगडिंग से तेरह ईस्ट सियांग से सात लोअर दिबांग वैली लोअर स्बनसिरी और वेस्ट कामेंग से छह छह ईस्ट कामेंग से चार पाके केसांग तिरप और नामसाई से तीन तीन अपर स्बनसिरी अपर सियांग और लोहित से दो दो तथा क्रुंग क्मे से एक मामला सामने आया है दो सौ ग्यारह पॉजिटिव मामलों में से एक सौ चौरासी मरीज एसिम्टमेटिक और सत्ताइस सिम्टमेटिक है

मागो च्ना के द्रदराज के क्षेत्रों में अड्डाईस किलोमीटर दूर निकटमत टेलीफोन कनेक्टिविटी के साथ कोई दूसरा संचार सुविधा नही थी द्र्गमता ने सामाजिक जीवन और क्षेत्र की समग्र विकास एवं प्रगति को गंभीर रुप से बाधित किया था लेकिन इस स्विधा की उपलब्धता से गांव में ख्शी एवं समृद्धि और अवसर के नए रास्ते भी खोल दिए है

शिविर के दौरान अड़सठ स्वयंसेवक रक्तदान करने के लिए आगे आए लेकिन केवल तेरह यूनिट ही एकत्र की जा सकी रक्तदान से पहले सभी रक्तदाताओं का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था

ग्रुवार को प्लिस म्ख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य प्लिस महानिदेशालय आर पी उपाध्याय ने प्लिस अधीक्षक के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान इस मोबाइल ऐप का श्भारंभ किया प्रदेश की गैर सरकारी संगठन ड्रग फ्री अरुणाचल और म्न वाक सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड के सहयोग से पायलट बेसिस पर इस मोबाइल ऐप को शुरु किया गया है श्क्रवार को राज्य प्लिस म्ख्यालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आई जी पी लॉ एण्ड अर्डर चुकु आपा ने कहा कि ड्रग फ्री अरुणाचल मोबाइल ऐप लोगों को नशीले पदार्थों की तस्करी और उपयोग से संबंधित सूचनाओं को देने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है